कल शाम जारी एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि इन क्षेत्रों में तीन दिन तक एक्टिव केस फाईडिंग अभियान के तहत संक्रमित के सम्पर्क में आए लोगों की जांच की जाएगी ताकि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके उन्होंने माना कि नाहन के ददाहू में सरकार के नियमों की अनदेखी के कारण मामले बढ़े हैं

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए ऑनलाईन पंजीकरण को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए उन्होंने क्वारंटीन नियमों का सख्ती से पालन कराने को भी कहा

ये कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा

पुरीक्षा स्थगित प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कल होने वाली जेबीटी और शास्त्री विषय की टैट परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ये निर्णय लिया गया है इस परीक्षा की अगली तिथि जल्द तय की जाएगी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने नाहन ददाहू व बीबीएन में लॉकडाउन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल लिखता है नाहन ददाहू बीबीएन में फिर लॉकडाउन

हिमाचल दस्तक का शीर्षक है कोरोना काल में लोन लेगी सरकार कल होने वाली जेबीटी और शास्त्री टेट परीक्षा आगामी आदेशों तक स्थगित खबर भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है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

नमस्कार